जयपुर में जीका वायरस की रोकथाम के लिए किये जा रहे है प्रभावी उपाय

वह शस्त्रय पूजा कर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री पाकिस्तान से लगी संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ त्यौाहार मनाएगा गृहमंत्री बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में हई प्रगति का आकलन करेंगे

पाली जिले के रणकपुर में आज भाजपा नेताओं की र्बैठक हई जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर कृषि राज्यमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और अन्य नेताओं ने चुनाव के लिए मंथन किया हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि बैठक में बीकानेर संभाग में टिकट वितरण पर चर्चा की गई

इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर घोषित सभी कमेटियों की बैठक आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित की की गई प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन डॉ अर्चना शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीपी जोशी और अन्य ने हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं तथा जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर प्रचार किया जायेगा उन्होंने कहा कि टिकट वितरण प्रक्रिया चालू हैं और समिति की बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई

चुनावी रणनीति को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने भी जयपुर में बैठक आयोजित की वहीं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करेंगे इसी तरह अन्य पार्टियां भी चुनावी रणनीति बनाने में लग गई है

आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस टीम ने फेसबुक और टिवटर सहित सभी बड़े सोशल मीडिया समूह के अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में बातचीत की है इन लोगों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं जाये श्री रावत ने कहा कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वीवी पैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी उन्होंने कहा कि आयोग ने जाली मतदान को समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के पुख्ता उपाय किए हैं

गिरदावरी के बिना किसानों का पंजीकरण मान्य नहीं होगा गिरदावरी ब्यौरा किसी भी ई मित्र या खरीद केन्द्र पर अपलोड़ करवाया जा सकता है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा है कि जयपुर में जीका वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत लोगों में जागरूकता भी लाई जा रही है विभाग द्वारा जीका डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को पैदा करने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किये जा रहे है

आज आकाशवाणी पर लाइव फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रीमती गुप्ता ने लोगों से अपील कि जीका रोग से घबराएं नही यह जान लेवारोग नहीं है मच्छरों से बचाव इसकी रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है मच्छरों को पनपने न दें और इस कार्य को जन आंदोलन बनाए उधर अहमदाबाद में जीका के रोगी की पुष्टि होने के बाद उदयपुर जिले में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अलर्ट जारी किया है और पानी की टंकियों की नियमित सफाई के निर्देश दिये है वहीं सवाईमाधोपुर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है

अजमेर में विभिन्न मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों के तहत सभी डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर उनके निवास क्षेत्र अंकित करने के आदेश दिये गये है इससे पता लग सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कौनसी बीमारी फैल रही है

न्यायालय प्रतियोगिताओं से छात्रों को सीखने का अच्छा अवसर मिलता है वे आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे विधि महाविद्यालय में चल रहे तीन दिवसीय मूट कोर्ट में न्यायमूर्ति जेके रांका राजस्थान विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो आर के कोठारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो कोठारी ने कहा कि सामाजिक और तत्कालीन विषयों पर छात्रों को जागरूक होना चाहिए

विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा के साथ गरबा डांडिया और राम लीलाओं की रौनक है बाजारों में भी त्योंहारी रंगत नज़र आने लगी है

आयोग के सचिव ने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वैबसाईट पर अपलोड कर दिये गये है साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां भी लानी होगी इसके बिना उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा

बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग ने एक आदेश जारी कर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में झंडा बैनर या स्टीकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है